लोकसभा च्नाव के छठें चरण के लिये नामांकन की अंतिम तारीख कल भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए सात उम्मीदवारों की एक और सुची जारी की हरीनारायण राजभर घोसी से लड़ेंगे चुनाव लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रदेश के दस संसदीय क्षेत्रों में चुनाव प्रचार कल शाम थम गया तीसरे चरण में मुरादाबाद रामपुर संभल फिरोजाबाद मैनपुरी एटा बंदायू आंवला बरेली और पीलीभीत संसदीय क्षेत्रों में कल मतदान होगा

इस दौरान सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं जिनमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजनाथ सिंह समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बसपा प्रमुख मायावती रालोद अध्यक्ष अजीत सिंह कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांवी प्रियंका गांवी राजबब्बर सहित विभिन्न नेता वोटरों को अपनी पार्टियों को पक्ष में करने के लिए जनसभाए रैलियां और रोड शो का आयोजन कर चुके हैं इन नेताओं का राजनीतिक भविष्य मंगलवार को ईवीएम मशीन में बन्द हो जाएगा इनमें सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव केन्द्रीय मंत्री संतोष गंगवार सपा नेता आजम खां भाजपा की जयाप्रदा वरूण गांधी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव प्रमुख हैं इस चरण की दो सीटों मैनपुरी और बदायूं को छोड़कर सभी पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है इस चुनाव में खड़े एक सौ बीस उम्मीदवार और पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा भले ही कर रही है लेकिन असल में चुनाव के नतीर्जे तेइस मई को बतायेंगे कि किस पार्टी को मतदाताओं ने कितनी तरजीह दी है

तीसरे चरण में कुल एक करोड़ छिहत्तर लाख पचास हजार तीन सौ सन्तानवे मतदाता हैं जिनमें पन्चानवे लाख छप्पन हजार चार सौ इकहत्तर पुरूष अस्सी लाख बान्नवे हजार नौ सौ तैंतालिस महिला हैं जबकि नौ सौ तिरासी थर्ड जेण्डर मतदाता हैं

प्रत्येक मतदाता को अपने वोट के महत्व को समझना चाहिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल कानपुर नगर में आयोजित मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम में लोगों से मतदान प्रतिशत बढ़ाने की अपील करते हुए यह बात कही उन्होंने कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को मतदान के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं

समस्त अपने जो नागरिक है जो हमारे वोटर है उनसे मैं जो इलेक्टर है हमारे जो हमारी मतदाता सूची में दर्ज है सबसे मैं ये दिल की गहराइयों से यह अपील करना चाहती हूं कि पहले छोड़ों सारे काम और पहले करो मतदान मतलब वोट टुड़े ट्र सेम योर ट्मारो तो ये जो है अपने बच्चों के भविष्य के लिये राष्ट्र के भविष्य के लिये इस समाज के भले के लिये आप जिसे भी अच्छा समझते है वोट करें लेकिन वोट करने अवश्य जाये यह मैं कहूंगी और हम सबकी हम जो लोकतंत्र है उसकी बुनियादी को हम और मजबूत करे भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल रामपुर और लखीमपुर खीरी सहित कई जिलों में जनसभाएं कर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की श्री योगी ने लखीमपुर खीरी की निघासन विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया वहीं जालौन के माधवगढ़ तहसील में कांग्रेस के बाबूसिंह क्शवाहा ने पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में लोगों से वोट की अपील की लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में प्रदेश की चौदह लोकसभा सीटों के लिए नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो गयी जिसमें तीन सौ सैंतीस उम्मीदवारों में से एक सौ पैंतालीस उम्मीदवारों के नामांकन खारिज कर दिये गये हैं अब एक सौ बान्नवे उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं इनमें सर्वाधिक रायबरेली और गोण्डा सीट से पन्द्रह पन्द्रह प्रत्याशी चुनाव लड़ रहें हैं आज नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है लोकसभा की इन चौदह सीटों पर लखनऊ अमेठी फैजाबाद और रायबरेली जैसी महत्वपूर्ण सीटें शामिल हैं पांववें चरण के लिए मतदान छ मई को होगा प्रदेश में लोकसभा चुनाव के छठें चरण की नामांकन प्रक्रिया जारी है इनमें सुल्तानपुर सीट से कांग्रेस के डॉ संजय सिंह श्रावस्ती से बसपा के राम शिरोमणि बस्ती से प्रदेश के पूर्व मंत्री व कांग्रेस उम्मीदवार राजकिशोर सिंह लालगंज सीट से भाजपा की नीलम सोनकर आजमगढ़ से भाजपा के दिनेश लाल यादव और मछलीशहर से बसपा के त्रिमुवन राम प्रमुख हैं इन चौदह सीटों पर अब तक कल छियासी उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर चुके हैं कल नामांकन दाखिले की अंतिम तारीख है चौबीस अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी जबकि छब्बीस अप्रैल तक नामांकन वापस लिये जा सकेंगे इन चौदह संसदीय सीटों पर बारह मई को मतदान होगा भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए सात उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है दिल्ली के चांदनी चौक से केन्द्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षक्धन को फिर टिकट दिया गया है दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली प्रवेश वर्मा पश्चिम दिल्ली और रमेश क्षिण दिल्ली से चुनाव मैदान में उतारा गया है केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पंजाब में अमृतसर शंकर ललवानी मध्यप्रदेश के इंदौर और हरीनारायण राजभर को प्रदेश की घोसी संसदीय सीट से प्रत्याशी बनाया गया है

कल ही मुम्बई में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया स्वर्गीय सागर सैंतालीस वर्ष की थीं वे पिछले क्छ समय से कैंसर से पीड़ित थीं इससे पूर्व वह सुचना प्रसारण मंत्रालय के लखनऊ स्थित विमिन्न मीडिया इकाइयों में कार्य कर चुकी हैं स्वर्गीय सागर अपने पीछे परिवार में एक पुत्र और पुत्री छोड़ गई हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस्मत सागर के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है

प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि आगरा विधानसभा के विधायक जगन प्रसाद गर्ग का विगत दस अप्रैल को असामयिक निधन हो गया था जिसके बाद यह सीट रिक्त हो गयी मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि इस सीट के लिए नामांकन भरने के लिए अंतिम तिथि उन्तीस अप्रैल है जबकि नामांकन पत्रों की जांच तीस अप्रैल को होगी और दो मई तक नाम वापसी हो सकेगी इस सीट की मतगणना तेईस मई को होगी मैनपुरी जिले में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर करहल के पास परसों रात सड़क दुर्घटना में एक बच्चे समेत सात यात्रियों की मौत हो गयी और कई घायल हो गये दूर्घटना उस समय हुई जब इन लोगों को ले जा रही तेज रफ्तार प्राइवेट बस दूसरी ओर से आ रहे ट्रक से टकरा गयी घायलों को सैफई के अस्पताल में भर्ती कराया गया है इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुःख व्यक्त करते हुए अधिकारियों को घायलों को समुचित इलाज मुहैया कराने को कहा है